इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनाव प्रचार के पोस्टर बैनर स्टीकर या अन्य प्रचार सामग्री लगाकर शहरों की सुंदरता बिगाड़ने वालों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं

हालांकि मूंगफली के पंजीयन को आगामी ओदशों तक स्थगित कर दिया गया है सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि केन्द्र सरकार की नोडल एजेन्सी नेफैड ने समर्थन मूल्य पर मुंगफली खरीद करने में असमर्थता जताई है इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों के हित में केन्द्र को नेफैड़ के माध्यम से मूंगफली की खरीद करवाने के लिए अनुरोध किया है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों को संरक्षण देने के लिए ये कानून बनाए हैं उन्होंने पश्चिमी राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां के किसान जीरा और ईसबगोल की खेती करते हैं और इस फसल को प्रदेश से बाहर बेचने पर उन्हें कई बार पेनल्टी भी देनी पड़ती थी इन कानूनों के बनने से अब किसानों को अपनी उपज को कहीं भी बेचने की आजादी मिल गई है

उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और कोरोना के विरूद्ध जन आंदोलन की समीक्षा कर रहे थे श्री गहलोत ने कहा कि यह सुखद संकेत है कि बीते कुछ सप्ताह में अस्पतालों में ऑक्सीजन आईसीय और वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या एक तिहाई तक घटी है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तीन शहरों जयपुर जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है

फिलहाल देश में सकिय मरीजों की संख्या करीब साढ़े सात लाख है